इसके बाद श्रीमती महाजन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की वैसे ही तेलुगुदेशम पार्टी के सदस्य आसन के पास जमा हो गये उनके पीछे वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य भी आ गए ये लोग आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे थे

श्रीमती राजे ने कल आपदा प्रबन्धन विभाग के अधिकारियों और प्रभावित जिलों के कलक्टर को ये निर्देश दिये उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रबी की फसल को ओलावृष्टि और बारिश से हए नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट जल्द से जल्द राज्य सरकार को भेजे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनको किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आने दी जाएगी

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के निर्देश पर गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में गठित ये उप समिति विधानसभा में किसानों से जुड़े संगठनों और प्रतिनिधियों के साथ सुनवाई करेगी और उनके सुझाव मांगेंगी

परीक्षार्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल से एसएससी के अध्यक्ष आशिम खुराना की मुलाकात के बाद यह फैसला आया है श्री खुराना ने एक बयान में कहा है कि आयोग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से यह सिफारिश करने का फैसला किया है कि प्रश्न पत्रों के लीक होने तथा अन्य मुद्दों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध सरकार से किया जाना चाहिए इसके साथ ही उन्होंने इस पर भी सहमति जताई कि परीक्षा के दौरान गड़बड़ियों के सभी सबूत और प्रश्न पत्रों के स्क्रीन शॉट सीबीआई को सौंपे जाएंगे

इनमें उत्तर मध्य रेलवे के आगरा फोर्ट से राजस्थान के बांदीकुई तक दोहरी लाइन डाली जायेगी

लम्बे इन्तजार के बाद यहां के सबसे बड़े महात्मा गॉधी चिकित्सालय में कीमोथेरेपी की सुविधाएँ कल से शुरू कर दी गई चिकित्सालय में स्थित कैन्सर केयर यूनिट में कल विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ कल्पना श्रीवास्तव ने अपनी टीम के साथ एक मरीज की कीमोथेरेपी की

पन्द्रह मार्च तक चलने वाले ब्रह्मोत्सव में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इस दौरान भगवान के विभिन्न स्वरूपों की आकर्षक सवारियां निकाली जाएगी और आखिरी दिन बसंत की सवारी का आयोजन किया जायेगा महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रदेश सहित दक्षिण भारत से श्रद्धालु पुष्कर पहुंच रहे हैं